प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस किश्त को लाभार्थी किसानों के लिए जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की

इनमें उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण शामिल है उन्होंने पालमपुर में भी विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं पालमपुर में एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से करीब अढ़ाई लाख लोगों को घर वापस लाया है लेकिन ये द्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता सरकार के इन प्रयासों का भी विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लोगों की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए चिकित्सकों से सुझाव मांगे हैं उन्होंने चिकित्सा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी सुझाव देने को कहा है अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लोगों को सुविधा देने की दिशा में उठाया गया एक अभिनव कदम है

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों व अध्यापकों को तालमेल बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है सोलन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए एक गम्भीर चुनौती बनकर उभरा है राजीव सैजल ने कहा कि इस दिशा में पुलिस प्रशासन को भी सतर्कता से कार्य करना होगा

ये व्यक्ति किडनी व इदय रोग संबंधी गम्भीर बीमारी से भी ग्रस्त था मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र ने इसकी पुष्टि की है राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि गरीब किसानों व असहाय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं घुमारवीं में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ दूरदराज़ क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाई जा रही है निलंबन राज्य पथ परिवहन निगम के चम्बा डिपो में लाखों रूपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक अनुभाग अधिकारी और कैशियर को निलंबित किया गया है

हमारे संवाददाता के अनुसार हिमाचल परिवहन मजदूर संघ द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि निलंबन के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार को अपने राहत कार्यों में तेजी लाने की ज़रूरत है

इनमें एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया है और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों में स्थिति पहले की तरह सामान्य रहेगी